धर्मशाला दौरे के दूसरे दिन आज सिद्धपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के लाखों लोग लभान्यित हुए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से जन शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने बताया कि धर्मशाला में नवम्बर माह में निवेशकों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिससे ये शहर विश्व पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने सहित बुनियादी ढांचे की मजबूती और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उददेश्य से औद्योगीकरण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है इस बीच मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी विशाल नैहरिया को उपचुनाव में भरपूर जनसमर्थन देने का आग्रह भी किया धुमल इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पच्छाद के नैनाटिक्कर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हए पार्टी प्रत्याशी रीना कश्यप के पक्ष में मतदान करने की अपील की उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले में भाजपा सरकार के समय में अनेक विकास कार्य किए गए इससे पहले पच्छाद चुनाव प्रभारी और सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया

इस महानाटी के माध्यम से महिलाओं ने स्वच्छता और पोषाहार को लेकर लोगों को जागरूक किया इस अवसर पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे इस मौके उन्होंने कहा कि कुल्लू की लोक संस्कृति और पारम्परिक वेशभूषा पूरी दुनिया में अलग पहचान रखती है गोविंद ठाक्र ने कहा कि नाटी के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है और जिले को साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्लास्टिक मुक्त अभियान भी चलाया गया है

इसके अलावा मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की छठी सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सोमवार को दशहरा उत्सव के समापन समारोह में भी भाग लेंगे वन मंत्री ने जिले के सभी लोगों से अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव के समापन समारोह में भाग लेने की अपील की है कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग न करने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सोलन में आज एक कार्यशाला लगाई गई इसकी अध्यक्षता शहरी विकास विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने की

राम कुमार गौतम ने बताया कि प्रदेश की बड़ी कम्पनियां इस प्लास्टिक को इस्तेमाल करेंगी कार्यशाला में सफाई कर्मियों सहित नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों व स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया स्वच्छता उधर स्वच्छता अभियान के तहत चम्बा के चौगान मैदान में भी आज साफ सफाई की गई इस अवसर पर उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि लोगों की सोच में बदलाव से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना सभी का दायित्व है और लोगों को जागरूक करने में युवा व स्कूली बच्चे अहम भूमिका निभा सकते हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा हालांकि सुबह शाम के तापमान में एक से दो डिग्री सैल्सियस की कमी आई है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर पिछले दिनों हुए हिमपात से घाटी में ठण्ड बढ़ गई है